केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जवानों की शहादत पर उनके परिवार वालों को सरकार एक करोड़ रूपये की सहायता राशि देगी छत्तीसगढ़ के रायपुर में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा के दौरान श्री सिंह ने ये घोषणा की उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलियों की अकृत सम्पत्ति को जब्त करने की योजना बना रही है श्री सिंह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जायेगा गृह मंत्री ने कहा कि देश ेमें माओवादी संगठनों की ताकत घटी है और उनका जनाधार कम हो रहा है राज्य सरकार ने कृषि अग्रिम इनपुट अनुदान योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद इस पर तत्काल रोक लगा दी गयी है इस योजना के तहत जैविक विधि से सब्जी की खेती करने वाले किसानों को छह छह हजार रूपये का अग्रिम अनुदान दिया जाता था कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि एक ही मोबाईल नम्बर पर एक से अधिक किसानों के निबंधन होने के कारण ई कैश में गड़बड़ी की शिकायत के बाद यह फैसला किया गया उन्होंने बताया कि उद्यान निदेशक की अध्यक्षता में मामले की जांच के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है जो दो दिनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एमबीबीएम की एक सौ साठ सीटें बढ़ा दी गयी हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशंसा पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि पटना दरभंगा भागलपुर और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ायी गयी हैं श्री चौबे ने बताया कि मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिलान्यास करेंगे उन्होंने कहा कि केन्द्र ने प्रदेश में दूसरे एम्स की स्थापना के लिए राज्य सरकार से स्थानों का प्रस्ताव मांगा है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पटना एम्स में जल्द ही वृहद इमरजेंसी वार्ड बनाया जायेगा वहीं एम्स में नई तकनीक से ब्लड कैंसर के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध होगी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत को काबू में रखने के लिए सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री प्रधान ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में घोषणा की जायेगी उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण घरेलू बाजार में भी दाम बढ़ रहे हैं प्रदेश के सरकारी कर्मियों को अब आवास निर्माण के लिए पच्चीस लाख रुपये का होम लोन मिलेगा घर के विस्तार के लिए भी कर्मियों को दस लाख रुपये तक की अग्रिम राशि दी जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरूण कुमार सिंह ने बताया कि राज्य कर्मियों को अब कार और मोटरसाईकिल खरीदने के लिए अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने खनन कार्यों में लगे मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय खनिज फाउंडेशन नियमावली दो हजार अठारह को मंजूरी दी है कैबिनेट ने तीन सड़क परियोजनाओं घोघा पंजवाड़ा रहमतपाड़ा से सोनथा और बेनीपट्टी उमगांव को भी मंजूरी दी है मिड डे मिल के लिए कैबिनेट ने बारह करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं वहीं नालंदा जिले के हिलसा में रेल थाने की स्थापना को भी मंजूरी दी गयी है बिना सूचना दिये लम्बे समय से छुट्टी पर चल रहे नियोजित शिक्षकों के वेतन पर रोक लगायी जायेगी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है विभाग ने कहा है कि जून महीने से नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जायेगा और इस व्यवस्था में वैसे शिक्षकों का नाम शामिल नहीं होगा जो बगैर सूचना दिये छुट्टी पर चल रहे हैं प्रदेश के मौसम में तेजी से उतार चढ़ाव जारी है धूप और नमी बढ़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण आज बारिश की सम्भावना बनी हुई है इधर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भारतीय मौसम विभाग से कहा है कि वह मौसम की चेतावनी जारी करने के साथ ही लोगों को इस बारे में सलाह दे की उस दौरान उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए पीएमओ में सचिव एम राजीवन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मौसम में परिवर्तन के कारण होने वाली मौतों से बेहद चिंतित हैं और उन्होंने विभाग से उन परिस्थितियों में किये जाने वाले उपाय सुझाने को भी कहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस बार इंटरमीडिएट में जरूरतमंद परीक्षार्थियों को दस प्रतिशत ग्रेस अंक देगा हालांकि भाषा विषय में फेल होने पर किसी प्रकार का ग्रेस अंक नहीं दिया जोयगा बालू समेत अन्य लघू खनिजों की ओवर लोडिंग करने पर खनिज के मूल्य की चार गुना अधिक राशि वसूल की जायेगी साथ ही वाहन मालिक से लेकर चालक और उपचालक पर भी प्राथमिकी दर्ज की जायेगी राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को नये सिरे से प्रनर्गठित करने का फैसला किया है इसके लिए पच्चीस मई को सभी नगर निकायों के मेयर और डिप्टी मेयर की बैठक बुलायी गयी है हटिया पटना एक्सप्रेस अब हटिया पूर्णिया सूपर फास्ट ट्रेन के रूप में चलेगी फिलहाल यह ट्रेन पूर्णिया से पटना तक कोसी एक्सप्रेस और पटना से हटिया तक पटना हटिया एक्सप्रेस नाम से चलती है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने बाढ़ और सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए धान की नई किस्म विकसित की है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस पी सिंह ने बताया कि सबौर सम्पन्न नाम का बीज बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही स्थिति में बेहतर पैदावार देगा वहीं सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबौर हर्षित नाम के नये किस्म का विकास किया गया है इसकी पैदावार ढ़ाई टन प्रति हेक्टेयर होगी समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक चिकित्सक दंपति द्वारा दो पुत्रियों के साथ आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है पुलिस मामले की जांच कर रही है दरभंगा जिले में मनीगाछी थाना क्षेत्र के चकबसावन गांव स्थित एक विद्यालय से पुलिस ने दो सौ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है गया जिले में एक लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में पुलिस ने तलमा गांव से दो लोगों को गिरफ्तार किया है मामले में फरार चल रहे चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है राजीव प्रताप सिंह मेमोरियल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की कल से पटना में शुरूआत हो रही है प्रतियोगिता में तेरह टीमें हिस्सा लेंगी पटना के गर्दनीबाग स्थित संजय गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे डाक्टर डीबी शास्त्री मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में आर्मी ब्यॉयज एससी ने बाढ़ फुटबॉल क्लब को चार के मुकाबले शून्य गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है घर के लिए कर्मियों को पच्चीस लाख लोन दैनिक जागरण ने कर्नाटक में सरकार गठन से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है कांग्रेस ने मांगे डिप्टी सीएम के दो पद प्रभात खबर की सुर्खी है केरल में निपाह वायरस से दस लोगों की मौत पच्चीस बीमार दैनिक भास्कर लिखता है गांधी सेतु पर मालवाहक वाहनों का परिचालन बंद राष्ट्रीय सहारा ने पीएनबी घोटाले से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है नीरव मोदी की एक सौ इकहत्तर करोड़ रूपये की सम्पत्ति जब्त आज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है इतिहास हमारी पूंजी